राज्य के कृषि मंत्री बादल ने कहा खूंटी जिले को आर्गेनिक खेती का हब बनाया जायेगा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

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुणवत्ता और विश्वसनीयता ब्रांड इंडिया के आधार स्तंभ होने चाहिए

भारतीय वैज्ञानिकों और तकनिकी विशेषज्ञों द्वारा हासिल की गई सफलताओं की सराहना करते हुए श्री मोदी ने विशेष रूप से देश में तैयार किये गये दो कोरोना टीकों का उल्लेख किया प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में शीघ्र ही विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया जायेगा श्री मोदी ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों से देश में छात्रों के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा

केंद्र सरकार और किसानों के बीच आज हुई बातचीत में भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया नई दिल्ली के विज्ञान भवन में करीब चार घंटे चर्ली बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी भी नहीं

संविधान सभा के सदस्य रहे मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा झारखण्ड के पहले आदिवासी थे जिन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा ग्रहण कर राज्य का मान बढ़ाया था अब उनकी तरह ही झारखंड सरकार के सहयोग से राज्य के जनजातीय युवा भी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और कैम्प्रिज में झारखण्ड के आदिवासी युवा अपनी प्रतिभा तरासेंगे झारखण्ड के युवाओं को राज्य एवं देश के निर्माण में महती भूमिका निभाने के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने एक नयी छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया है

राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के उपायुक्तों से बातचीत कर अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम की समीक्षा की बैठक में अनीमिया और कुपोषण उन्मूलन के लिए एक हजार दिनों तक चलने वाले विशेष कार्यक्रम को लेकर मुख्य सचिव ने आवष्यक दिषा निर्देष दिया यह कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग शिक्षा विभाग ग्रामीण विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग के सामंजस्य से चलाया जाएगा

वे आज खूंटी के डुंगरा आम बगीचा में आयोजित किसान सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि खूंटी के किसानों का विकास होगा तो राज्य के अन्य जिलों के किसान अपने आप खूंटी के कृषि तकनीक को अपनाएंगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अग्वाई में किसानों का कर्जमाफी का सिलसिला आरम्भ कर दिया गया है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को डिजी लॉकर को अपनाने के लिए तेजी से काम करने को कहा है एक ट्वीट में श्री जावडेकर ने आज कहा कि सरकार नागरिकों को बिना किसी परेशानी और उनके अनुकल सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के दृष्टिकोण की दिशा में काम कर रही है

इनमें एक हजार छह सौ एक सक्रिय केस हैं जबकि एक लाख बारह हजार आठ सौ तिरानबे मरीज ठीक हए हैं स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट सनतानंबे दशमलव सात एक प्रतिशत है अबतक अड़तालीस लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की चुकी है

बैठक में जिले के विभिन्न प्रखंडों में अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाने को लेकर चर्चा की गई वैक्सीनेशन साइट कहां होंगे वैक्सीनेशन सेंटर पर व्यवस्था कैसी होगी इसे लेकर पदाधिकारियों ने विचार विमर्श किया बैठक के दौरान उपायुक्त छवि रंजन ने प्रत्येक प्रखंड में वैक्सीनेशन सेंटर के लिए आवश्यकतानुसार भवनों को चिन्हित करने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ बैठक कर भवनों को चिन्हित करें साथ ही उन्होंने भवनों के नक्शे के साथ भी रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया राज्य निःशक्तता आयोग के निर्देश पर हजारीबाग जिला समाज कल्याण कार्यालय की ओर से जिला स्कूल परिसर में दिव्यांगजनों के लिए एक षिविर का आयोजन किया गया रांची से पहुंचे चार सदस्यीय विशेषज्ञो द्वारा आकलन का कार्य किया गया

पत्र सूचना कार्यालय और रीजनल आउटरीच ब्यूरो रांची तथा फील्ड आउटरीच ब्यूरो धनबाद के संयुक्त तत्वावधान में फिट इंडिया मूवमेंट विषय पर आज वेबिनार परिचर्चा का आयोजन किया गया इस परिचर्चा में खेल और फिटनेस क्षेत्र से जुड़े प्रमुख विशेषज्ञों ने भाग लिया विशेषज्ञों का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य हर भारतीय के जीवन में फिटनेस को अनिवार्य हिस्सा बनाना है जन आंदोलन के रूप में परिकल्पित श्फिट इंडिया मुवमेंटश् आम जन की भागीदारी के साथ भारत को एक स्वस्थ राष्ट्र बनाने की दिशा में किया जा रहा एक प्रयास है

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधी बैंक अधिकारी और कस्टमर केयर बन बैंक ग्राहकों से लाखों की ठगी किया करता था राज्य के पष्विमी सिंहभूम गुमला और हजारीबाग जिले से पुलिस ने छह नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है पष्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ थाना क्षेत्र से पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली भाकपा माओवादी के चार सदस्यों को गिरफतार किया है इधर गुमला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक लाख रुपये के इनामी पीएलएफआई नक्सली ओंझा पाहन को गिरफ़तार करने में सफलता हासिल की है हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र से नक्सली संगठन टीपीसी के एक सक्रिय सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है

श्री कुमार छतीसगढ़ में प्रशिक्षण शिविर के निरीक्षण के हेलीकॉप्टर से भंडरिया पहुंचे थे उन्होंने करीब एक घंटे तक भंडरिया थाना परिसर में एक घंटे तक पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक में डीआईजी राजक्मार लकड़ा सीआरपीएफ के डीजी विनय नेगी गढ़वा के प्रलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोतरे सीआरपीएफ अधिकारी कैलाश आर्या सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे

गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड के खिरोंधी गांव में आग लगने से पांच घर पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गये